राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेष कुमार ठाकुर ने बताया कि स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रति पंचायत पांच नए चापाकल लगाये जाएंगे इसके लिए सभी विधायकों से विभाग द्वारा पत्राचार किया जा चुका है उन्होंने कहा कि बहत जल्द निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कार्य शुरू किया जायेगा

पेयजल आपूर्ति के लिए बडी बडी योजनायें भी पेयजल एव स्वच्छता विभाग के द्वारा चल रही हैं लेकिन योजना के संपन्न होने में वक्त लगेगा

जिसके कारण राज्य के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पर रहा था अब राज्य के लोगों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले को पीने एवं अन्य उपयोग के लिए पानी की समस्या से नहीं जूझना होगा

भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की गठबंधन सरकार पर युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है

धनबाद के जिला परिषद मैदान में आयोजित स्थापना दिवस समारोह को पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ट्रंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और जिला अध्यक्ष रमेश टूड् के अलावे कई नेताओं ने भी संबोधित किया कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी का झंडा फहराकर और झारखंड आंदोलन कार्यो को श्रद्वांजलि देकर किया गया इस दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि पार्टी आंदोलन की उपज है आज ही के दिन धनबाद से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और पार्टी की धनबाद जिला इकाई का गठन हआ था

लोग सरकारी अवकाश को छोडकर प्रत्येक शनिवार और रविवार को राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे इसके लिए राष्ट्रपति भवन के वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी पहले की तरह प्रत्येक दर्शक को पचास रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने के लिए सुबह साढ़े दस बजे दोपहर साढ़े बारह बजे और दोपहर बाद ढाई बजे के समय तय किये गये हैं

राष्ट्रपति भवन में दर्शकों को मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने जैसे कोविड नियर्मो का पालन करना होगा

रांची के उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने आज कोरोना का टीका लिया दोनों अधिकारी रांची सदर अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पहंचे और वैक्सीनेशन कराया टीका लेने के बाद उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक आधा घंटा तक आब्जर्वेशन रुम में रहे इस दौरान दोनों आलाधिकारियों का ब्लड प्रेशर भी मापा गया जो कि नॉर्मल था

इस मौके पर श्री रंजन ने कहा कि फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स के टीकाकरण के बाद सेकेण्ड फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है

उन्होंने रांचीवासियों से वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना देने की भी अपील की राज्य में पिछले चौबीस घंटे में छियालीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले है

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी अनुसार राज्य में अब तक एक लाख सत्रह हजार तीन सौ नौ लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

देवघर जिले की पुलिस ने ग्यारह साइबर अपराधियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है

लोगों को सडक सुरक्षा से संबंधित जानकारियां दी जा रही है

इस बीमारी से बचाव के लिए विभिन्न पहल पर चर्चा हुई जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया धनबाद के उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में एग्री क्लीनिक की स्थापना को लेकर चर्चा हुई इस अवसर पर उपायुक्त ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से एग्री क्लिनिक स्थापना के लिए समूह का चयन करने का तथा चयनित समूह के साथ एक वर्ष का एमओयू करने का निर्देश दिया एग्री क्लिनिक जिले के हर प्रखंड के आत्मा सेंटर में स्थापित की जाएगी एग्री क्लीनिक में कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां कृषकों को मिलेगी

पलामू जिले के पांकी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों हाथियों का आतंक है बड़ी संख्या में हाथी इस इलाके में पिछले चार पांच दिनों से उत्पात मचाए हुए हैं

और अब संक्षिप्त खबरें जामताड़ा व्यवहार न्यायालय के समीप स्थित एसबीआई एटीएम के गार्ड को बंधक बनाकर अपराधियों ने राशि लूटने का प्रयास कियालेकिन पुलिस की सक्रियता से अपराधी एटीएम की राशि लुटने में सफल नहीं हो पाए